शहरी क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी अजीविका गारंटी योजना शुरू की गई है जो इस वित्त वर्ष में हर घर में एक सौ दिन का गारंटीड मजदूरी रोजगार प्रदान करेगी इस योजना को हिमाचल के सभी शहरी स्थानीय निकायों और छावनी बोर्ड में लागू किया जाएगा

टिड्डी अर्लट रेगिस्तानी टिड्डियों के संभावित आक्रमण को देखते हुए प्रदेश के चार जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कृषि विभाग के निदेशक आरके कौंडल ने बताया कि बड़े पैमाने पर पड़ौसी राज्यों में इन टिड्डियों द्वारा फसलों को नष्ट करने की सूचना मिली हुई है और प्रदेश में भी इनके आक्रमण की आशंका है उन्होंने कहा कि विशेषकर कांगड़ा ऊना बिलासपुर और सोलन जिलें में हाई अलर्ट पर हैं कोंडल ने कहा कि टिड्डियों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए है लेकिन कल कई स्थानों पर तेज़ हवाओं के साथ वर्षा व ओलावृष्टि हुई इससे कई स्थानों पर फसलों को भी नुकसान हुआ है मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकतर स्थानों में वर्षा की संभावना जताई है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण के मामलों संबंधी खबर को प्रमुखता दी है

स्वास्थ्य निदेशालय में कोविड उपकरण घोटाले से जुड़ी खबर पर अमर उजाला लिखता है पूर्व निदेशक व एजेंट में हआ था रिश्वत का लेन देन विजिलेंस जांच में जुटी दिव्य हिमाचल के अनुसार सिटिंग जज से करवाए रिश्वत कांड की जांच जबकि आपका फैसला का शीर्षक है निलंबित हेल्थ डायरेक्टर डॉ गुप्ता को कोर्ट से राहत नहीं दैनिक भास्कर के शब्द हैं कोविड किट घोटाला गुप्ता की याचिका पर सुनवाई टली आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है प्रदेश सरकार ने उद्योगों को पहुंचाई हर संभव मदद दवा के उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बना हिमाचल

हिमाचल दस्तक की सुर्खी है बसें चलाने पर मंथन प्राईवेट ऑपरेटर राजी ऑपरेशनल दिक्कतों पर परिवहन विभाग की बैठक आज अमर उजाला का शीर्षक है सूबे में शर्तों के साथ एक जून से बसे चलाने का खाका तैयार मंत्री से बैठक के बाद निजी ऑपरेटर भी बसे चलाने के लिए तैयार र्देनिक भास्कर का कहना है अब सभी रूटों पर चलेंगी बसें एक जून से प्रदेश में चलेंगी प्राईवेट बसें जबकि आपका फैसला परिवहन मंत्री के हवाले से लिखता है प्रदेश में बसें चलने पर किराये में होगी बढ़ौतरी मौसम से जुड़ी खबर पर आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर गिरे फाहे निचले इलाकों में अंधड़ के साथ बौछारे